आज संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ेगी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले दिन से ही सरकार क्शासन से लोगों को हुए कष्टों को दूर करके उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है राष्ट्रपति ने कहा कि लोकसभा के आधे से अधिक सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं और लोकसभा के इतिहास में सबसे अधिक संख्या में महिलाएं चुनकर आई हैं

उन्होंने छोटे दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं के लिए पेंशन योजना की प्रशंसा की उन्होंने कहा कि जल संरक्षण पर जोर देते हुए सरकार ने एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया है राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का ध्याान अब ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने पर है राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल महिलाओं का विकास न होकर महिलाओं के नेतृत्व में विकास का होना है उन्होंने देश में हर बहन बेटी को समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए तीन तलाक और निकाह हलाला की प्रथा के उन्मूलन की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने सांसदों से अनुरोध किया कि वे बहनों और बेटियों के जीवन को और अधिक सम्मानपूर्ण बनाने के लिए सरकार के इन प्रयासों का समर्थन करें

मूख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जायेगी देहरादून में राज्य स्तरीय शून्य लागत प्राकृतिक कृ षि से संबधित कार्यशाला में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने औरउसकी लागत कम करने के लिए प्राकृतिक कृषि से संबंधित पालेकर कृषि मॉडल उपयोगी साबित हो सकता है प्राकृतिक खेती में जैव अवशेषों कम्पोस्ट और प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है जो पर्वतीय क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध होते हैं प्राकृतिक खेती से किसानों का खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और अच्छी गुणवत्ता के उत्पादों में इजाफा होगा प्राकृतिक खेती कृषि बागवानी और सब्जी उत्पादन के लिए उपयोगी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर कौशल विकास और कृषि विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जायेगा इस कार्यशाला में पद्मश्री सुभाष पालेकर ने कहा कि परम्परागत खेती और रासायनिक खेती के बजाय प्राकृतिक खेती पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है प्राकृतिक खेती में लागत ना के बराबर है जबकि यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाये रखने और शुद्ध पौष्टिक आहार का उत्तम जरिया है उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को एक मिशन के रूप में लिया जा रहा है इसके लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त बजट की जरूरत नहीं है यह कृषि राज्य में उपलब्ध संसाधनों से आगे बढ़ाई जा सकती है

चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि यात्रा सुचारू और निर्बाध रूप से चल रही है जिले में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है

इस बार मुख्य कार्यक्रम के लिए रांची का चयन किया गया है प्रदेश में भी योग दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है राजधानी देहरादून के पवेलियन ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम होगा इसके लिए शहर में कल यातायात रूट में बदलाव किया गया है कार्यक्रम स्थल के चारों ओर वाहनों ठेलियों और रेड़ियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा हालांकि आपातकालीन सेवा जैसे एम्बुलेंस फायर सर्विस आदि को सभी प्रतिबन्धों से मुक्त रखा जायेगा प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी योग दिवस पर कार्यक्रम होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और श्भकामनाएं दी उन्होंने कहा कि योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर ही स्वस्थ भारत की कल्पना की जा सकती है स्वस्थ भारत के लिए योग को गांव गांव घर घर तक पहुंचाने की जरूरत है

इस मौके पर बाल विकास एवं पशुपालन मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश में एक अभिनव प्रयोग के रूप में इस सचल पश् चिकित्सा वाहन की शुरुआत की गई है

इस वाहन में डाक्टरों के नम्बर उपलब्ध रहेंगे जिससे पशुपालक फोन से पशुओं में लगने वाले रोग के बारे में बतायेंगे और यह वाहन तत्काल सम्बन्धित पशुपालक तक पहुंच जायेगा

इस अवसर पर मौजूद विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है इस वाहन से पशुपालकों के समस्याओं का समाधान हो सकेगा

देहरादून में शासन के उच्चाधिकारियों आयुक्तों और सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मानसून से पहले तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि आपदा रिस्पांस टाइम आधा घंटे से अधिक न हो साथ ही आपदा राहत का ऐसा तंत्र विकसित किया जाए जिससे कोई जन हानि न होने पाये उन्होंने कहा कि आपदा मद में जिलाधिकारियों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी गई है भविष्य में भी इस सम्बन्ध में धनराशि की कमी नही होने दी जायेगी उन्होंने जिलाधिकारियों को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पुलिस चौकी और रेसक्यू सेन्टरों की स्थापना के साथ ही बाढ़ सुरक्षा चौकियां जल्द से जल्द स्थापित करने के निर्देश दिये

कार्यशाला में उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड के आकाशवाणी केंद्रों के वरिष्ठ अधिकारी शिरकत कर रहे हैं कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्य व्यवहार में आने वाली समस्याओं को साझा करना है जिससे कार्यों के संपादन में सरलता आ सके कार्यशाला के बारे में महानिदेशालय की प्रतिनिधि डॉक्टर राजेश्री बनर्जी ने बताया कि यह बैठक हर तीन महीने में होती है जिसमें कार्यक्रमों के निर्माण के दौरान जो भी समस्याएं आती है उन्हें साझा किया जाता है सुश्री बनर्जी ने कहा इस तरह की बैठक से कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद मिलती है